राज्य सरकार ऐसे सभी शहरी आवासहीन गरीब व्यक्तियों को जिनके पास आवास का स्थायी पट्टा नहीं है उन्हें आगामी पच्चीस नवंबर तक पट्टों का वितरण करेगी

जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाए जाने के मामले में स्थगन दिया है उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी शहरी आवासहीन राज्य सरकार ऐसे सभी शहरी आवासहीन गरीब व्यक्तियों को जिनके पास आवास का स्थायी पट्टा नहीं है उन्हें आगामी पच्चीस नवंबर तक पट्टों का वितरण करेगी नगरीय प्रशासन और विकास विकास विभाग ने राजीव आश्रय योजना को सरल बनाया है

हालांकि यह निर्णय प्रतिषेध क्षेत्रों सड़क तालाब नहर तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर काबिज लोगों पर लागू नहीं होगा इसके साथ ही आवसहीन शहरी गरीबों को भी सस्ती दरों पर आवासीय भू खण्ड उपलब्ध कराया जाएगा योजना का सरलीकरण करते हुए शासकीय नजूल स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण की भूमि में निवासरत् आवासहीनों को काबिज भूमि के पट्टें की पात्रता उनके पते का राशन कार्ड अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों की आधार पर सत्यापन हो जाने के बाद उन्हें पट्टा दिया जाएगा गांधी विचार पदयात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गांधी विचार पदयात्रा का शुभारंभ किया धमतरी जिले के कंडेल गांव से शुरू हुई यह पदयात्रा दस अक्टूबर को रायपुर गांधी मैदान में संपन्न होगी के इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के नाम पर कंडेल में महाविद्यालय शुरू करने माडमसिल्ली बांध का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम करने गर्मी की फसलों के लिए बांधों से पानी देने सहित अनेक घोषणाएं की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कंडेल नहर सत्याग्रह के नायक बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की मूर्ति का अनावरण और जनसहयोग से बने प्रदेश के पहले गौठान गोकुलधाम गौठान का लोकार्पण भी किया

इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है इस संबंध में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने विकासखंडों में आयोजित होने वाले गांधी विचार यात्रा के दौरान गांधी जी के जीवन दर्शन का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा प्राथमिक पूर्व माध्यमिक हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के साथ ही महाविद्यालयों में भी इस दौरान महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटक होंगे साथ ही विकासखंड स्तर पर प्रभातफेरी का आयोजन भी किया जाएगा पदयात्रा वाले स्थानों में ग्राम पंचायत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे

इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर भी घटाकर चार दशमलव नौ और बैंक दर पांच दशमलव चार प्रतिशत कर दी गई है रेपो दर में कमी का उद्देश्य आवास और वाहन ऋण की दरों में कमी लाना है जावडेकर फेक न्यूज केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि पैसे देकर छापी जाने वाली खबरों से फर्जी खबरें ज्यादा खतरनाक हैं उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ सरकार और मीडिया को मिलकर काम करने की जरूरत है नई दिल्ली में कल श्री जावडेकर ने कहा कि फेक न्यूज को रोकना ही होगा और यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है सभी को इसके लिए मिलकर काम करना होगा उन्होंने कहा कि जो लोग सही समाचारों के व्यवसाय में हैं उन्हें इसे रोकने के लिए संघर्ष करना होगा

आज नई दिल्ली में यह जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी उन्होंने बताया कि अगले वर्ष से विजयवाड़ा से भी हज यात्री हज के लिए रवाना हो सकेंगे गडकरी एनएचएआई परियोजना केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को शीघ्र निर्णय और कड़ी निगरानी के जरिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन मे तेजी लाने के निर्देश दिए हैं श्री गडकरी ने कल नई दिल्ली में एक बैठक में परियोजनाओ की प्रगति की समीक्षा की भाजपा बयान प्रदेश भाजपा ने तय किया है कि अब वह कांग्रेस के साथ किसी भी टीवी डिबेट और अन्य संवाद में शामिल नही होगी पार्टी की अधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस द्वारा जिस तरह लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है उसके विरोध में पार्टी ने यह फैसला लिया है अमित जोगी रिहा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी एक महीने बाद आज जेल से रिहा हो गए हैं गौरेला के गोरखपुर जेल से रिहाई के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया गौरतलब है कि श्री जोगी को विधानसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था इसके बाद उनके द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया था आईईडी बरामद सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान जगरगुंडा और दोरनापाल सड़क के किनारे सुरक्षा बलों ने पांच किलो का विस्फोटक बरामद किया गंगराड़े पदोन्नति छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े को विधानसभा का प्रमुख सचिव बनाया गया है पदोन्नति के बाद श्री गंगराड़े ने आज विधानसभा के प्रमुख सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया श्री गंगराड़े का कार्यकाल ढ़ाई वर्ष का होगा वे वर्ष दो हजार बीस में सेवानिवृत्त होंगे सावधिक आंकलन प्रदेश में हिन्दी और सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम की सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए राज्य स्तरीय सावधिक आंकलन पीएवन की समय सारिणी जारी कर दी गई है समय सारिणी के अनुसार चौदह से बाईस अक्टूबर तक आंकलन किया जाएगा प्राथमिक स्तर पर कक्षा एक और दो का आंकलन उन्नीस से बाईस अक्टूबर तक और कक्षा तीन से पांचवीं तक का आंकलन पंद्रह से अट्ठारह अक्टूबर तक किया जाएगा वहीं कक्षा छठवीं से आठवीं तक का आंकलन चौदह से उन्नीस अक्टूबर तक होगा